कल शाम नई दिल्लीं में एक निजी टेलीविजन चैनल के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से चली आ रही समस्याओं का समाधान किया गया है उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी आकांक्षाए पूरी करने के लिए सरकार को अथक काम करने का जनादेश दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग लंबी समय से चली आ रही चुनौतियों से देश को मुक्त कराना चाहते हैं सैजल हाल ही में सियाचिन में देश की रक्षा करते हुए हिमस्खलन की चपेट में आने पर शहीद हुए दोची निवासी मनीष ठाक्र की याद में कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुनिहार में पुस्तकालय बनाया जाएगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने विद्यालय के वार्षिक समारोह में कहा कि इस पुस्तकालय के बनने से विद्यार्थी जहां शहीद के योगदान को याद रखेंगे वहीं देश सेवा के लिए भी प्रेरित होंगे इस दौरान उन्हांने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने का आहवान किया और इस क्रीति से बचने के लिए योग को एक सार्थक माध्यम बताया मौसम प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर बर्फबारी जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में कमी आई है और शीतलहर तेज हो गई है किन्नौर जिला में भारी हिमपात हुआ है जिससे कई इलाकों में बिजली पानी सड़क यातायात प्रभावित है उपायुक्त गोपाल चंद के अनुसार भारी हिमपात को देखते हुए कल्पा और पूह उपमंडलों में शिक्षण संस्थान आज बंद रहेंगे लाहौल स्पिति और कुल्लू जिले के उंचे इलाकों में हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में रात भर वर्षा होती रही राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं और ठंड बढ़ गई है मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात जबकि मध्यवर्ती व निचले मैदानी क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है विभाग ने राज्य के मध्यवर्ती व निचले मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है निधन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का उपचार करने के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर यशी ढोडेन का कल धर्मशाला के मैकलोडगंज में निधन हो गया

वे मैकलोडगंज में ही रहते थे और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के भी निजी चिकित्सक रह चुके है डॉक्टर ढोडेन हर्बल दवाओं और तिब्बती पद्वति से कैंसर का ईलाज करते थे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने एच ए एस परीक्षा के परिणाम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है एच ए एस परीक्षा में मंडी के निशांत टॉपर संकल्प दूसरे स्थान पर दैनिक जागरण के शब्द हैं थुनाग के निशांत एच ए एस टॉपर हिमाचल दस्तक ने लिखा है एच ए एस का रिजल्ट घोषित निशांत टॉपर

पंजाब केसरी के अनुसार एच ए एस में मंडी जिला के निशांत ने किया टॉप हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है रोजगार कार्यालय से अपंजीकृत अभ्यार्थियों का साक्षात्कार लेने के आदेश जारी हिमाचल दस्तक के शब्द हैं भर्ती के लिए रोजगार कार्यालयों से ही नाम लेना काफी नहीं दिव्य हिमाचल का कहना है रोजगार कार्यालय में दर्ज नामों तक सीमित न हो भर्ती दैनिक जागरण ने खबर दी है पटवारी भर्ती परीक्षा रदद करवाने हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी बौद्ध मिक्ष् डॉ यशी ढोंडेन के निधन की खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है तिब्बती चिकित्सा पद्धति से कैंसर रोगियों का इलाज किया शोध पत्रों को अमरिका ने भी दी मान्यता अमर उजाला के शब्द हैं कैंसर से बचाने वाले डॉ येशी ढोंडेन नहीं रहे प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात शीर्षक से अजीत समाचार ने लिखा है मौसम विभाग की गरज के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी हिमाचल दस्तक के शब्द हैं रोहतांग नारकंडा में बर्फबारी शिमला में बारिश अमर उजाला का शीर्षक है सूबे की चोटियों पर बर्फबारी शिमला में बारिश से बढ़ी ठंड

उद्योगपतियों को मिलेगी इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिव्य हिमाचल की एक खबर है इसी पत्र के अनुसार हिमाचल में लगेगा इत्र उद्योग